मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी

यह आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शाम आठ बजे पुनः सुना जा सकता है

श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हई उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघ् उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्व तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तीस जून तक बढ़ा दिया गया है लेकिन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्व तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान अगले महीने की आठ तारीख से पूजा स्थलों होटलों रेस्त्राओं और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोगो के प्रवेश की अनुमति होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से इन गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी जारी करेगा

दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मश्विरा करने के बाद स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थानों और अभिभावकों तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों के साथ सलाह मश्विरा करें अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के आधार पर इस वर्ष जुलाई के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय किया जाएगा नये दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में केवल क्छ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा मेट्रो रेल का परिचालन सिनेमा हॉल जिम तरणताल मनोरंजन पार्क रंगमंच बार और सभागार तथा अन्य इसी तरह के स्थल शामिल हैं सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन साहित्यिक सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य भीड़ वाले सम्मेलन भी प्रतिबंधित होंगे तीसरे चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोलने की तिथि के संबंध में निर्णय किया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटनेमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा कंटेनमेंट क्षेत्रों में मानकों का पालन किया जाएगा और आवश्यक गतिविधियों की भी अनुमति होगी व्यक्तियों या आवागमन और गैर जरूरी गतिविधियों के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा हालांकि देशभर में कर्फ्यू का समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक का होगा नये दिशा निर्देशों में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इनकी गतिविधियों के लिए किसी अलग अनुमति अनुमोदन या ई मंजूरी की जरूरत नहीं होगी हालांकि अगर कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जन स्वास्थ्य के कारण और अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्तियों के आवागमन को विनियमित करता है तो उसे व्यापक स्तर पर अग्रिम रूप से इसका प्रचार और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र अपनी स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर निश्चित गतिविधियों का निषेध कर सकते हैं या उन पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं

हालांकि ये आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए घर से बाहर आ सकते हैं देष के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार कल से दो सौ विषेष रेलगाडियों का परिचालन करेगी यह ट्रेन पहले से चल रही श्रमिक और विषेष ट्रेनों से अलग होगी इन ट्रेनों में सफर के लिए बाईस मई से टिकटों की बिक्री हो रही थी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

इसपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में लॉकडाउन के अगले चरण के स्वरूप पर अधिकारियों के साथ मंथन के बाद निर्णय लेंगे बताया जा रहा है कि चर्चा का मुख्य बिंद सार्वजनिक परिवहन और बाजार होगा वहीं प्रवासी श्रमिको के आने और बढ़ते संकमण को देखते हुए सरकार सोच समझकर कोई निर्णय लेगी राज्य में कल बहत्तर नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जिसके साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पांच सौ चौरानवे हो गयी है इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नीतिन मदन कुलकर्णी ने की है

वहीं पाक्ड साहिबगंज गुमला और पलामू में भी एक एक संकमित मिले हैं फिलहाल राज्य में दो सौ छप्पन संकमित स्वस्थ हो चुके हैं

अभी तक बयासी हजार तीन सौ सत्तर रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है धनबाद जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने कल तेरह नए कोरोना संक्रमितों के पाये जाने की प्रष्टि की है

साथ ही संबंधित इलाकों में कर्फ्यू लगाने की तैयारी प्रषासन की ओर से की जा रही है इसके साथ धनबाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तीस हो गयी है जिसमें चार स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं हजारीबाग जिले में कल चार नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसकी प्रष्टि सिविल सर्जन डॉ संजय जायसवाल ने की है उन्होंने बताया गया है कि इनमें से दो टाटीझरिया के रहने वाले हैं वहीं एक बरकट्ठा का जबकि एक अन्य संक्रमित सदर प्रखंड के बड़ासी का रहने वाला है दो संक्रमित टाटीझरिया के झरपो क्वारेंटीन सेंटर में हैं वहीं दो अन्य सदर प्रखंड के सिलवार में स्थित आईटीआई के क्वारेंटीन सेंटर में हैं सिलवार क्वारेंटीन सेंटर में रह रही महिला संक्रमित दिल्ली से लौटी थी वहीं दूसरा संक्रमित मुम्बई से लौटा है चारों को इलाज के लिए हजारीबाग लाया जायेगा इसके साथ ही हजारीबाग जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या अड़सठ हो गई है साहिबगंज जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने जिले में एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि की है उन्होंने बताया है कि जालंधर से आये हुए प्रवासी श्रमिक का कोरोना जांच रिपोर्ट पोजेटिव पाया गया है जिसे मोहनपुर उधवा के क्वारंटिन सेंटर में रखा गया था फिलहाल मारपीट के आरोप में उसे एहतियात उपायों के साथ जेल में आइसोलेट किया गया है गिरिडीह जिला प्रशासन ने लॉक डाउन अवधि में समाज की सेवा करने वालों को सम्मानित किया है सम्मान पाने वालों में प्रशासन को आर्थिक रूप से मदद करने वाले गरीबो को भोजन कराने वाले मास्क सेनेटाइजर वितरित करने वाले और मेडिकल उपकरण पीपीई किट उपलब्ध कराने वाले शामिल थे

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अंब्ज नाथ ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है इसके तहत झालसा के सचिव अरूण कमार राय को इजारीबाग फेमिली कोर्ट देवघर के न्यायाधीष निकेष कुमार सिन्हा को रामगढ़ लेबर कोर्ट रांची के संजय कुमार को गुमला बोकारो फैमिली कोर्ट के प्रदीप क्मार चौबे को डालटनगंज धनबाद लेबर कोर्ट के वीरेन्द्र कुमार तिवारी को कोडरमा और उच्च न्यायालय के राम शर्मा को दुमका का प्रधान जिला सत्र न्यायाधीष बनाया गया है

बोकारो जिले की पुलिस ने पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के कांड्रा स्थित गोदाम से लूटी गई लाखों रुपए की विदेशी शराब बरामद कर ली है साथ ही घटना के दो मुख्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है

पूछताछ में गोदाम के गार्ड की भी संलिप्तता सामने आई है पुलिस गार्ड सहित अन्य फरार लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है आज विष्व तंबाकू निषेध दिवस है इस मौके पर स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने लोगों से तंबाक की ब्री लत छोड़ने की अपील की है विभाग की ओर से कहा गया है कि सिगरेट तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोगों को कोरोना वायरस से जल्दी संक्रमित होने का खतरा है क्योंकि तंबाकू धूम्रपान फेफड़े हृदय और शरीर के अन्य भागों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है